हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और विपक्षी पार्टी ने भी जमकर प्रचार किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अनुसंधान और मिसाइल विकास कार्यक्रम में डा ए पी जे अब्द्रल कलाम के योगदान ने भारत को उन देशों की सूची में ला खड़ा किया है जो स्वदेशी क्षमताओं के लिए जाने जाते है नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के निदेशकों के सम्मेलन में श्री राजनाथ्ज्ञ ने कहा कि रक्षा अन्संधान और विकास संगठन ने नई तकनीक का इस्तेमाल करके देश को सशक्त बनाया है उन्होंने कहा कि विभिन्न बाधाओं सीमित स्वदेशी क्षमताओं और समय की कमी के बावजूद इस संगठन ने देश की सेनाओं के लिए जरूरी प्रणालियां उत्पाद और तकनीके विकसित की है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने कहा कि नवीनतम तकनीकों से भारत और अधिक सुरक्षित हुआ है उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकी को आवश्यकता के अनुसार रक्षा सेवाओ और गुप्तचर सेवाओं के लिए अपनाया जाना चाहिए जिससे हम अपने शत्रुओं के मुकाबले बेहतर स्थिति में आ सके श्री डोभाल ने कहा कि उच्च तकनीक से लैस सेनायें हमेशा बेहतर प्रदर्शन करती है और मानव जाति के भाग्य को तय करती है सेनाप्रमुख जनरल बिपिन रावत ने सेनाओं की जरूरत अन्रसार देश मे विकसित संसाधन उपलब्ध कराने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की सराहना की जल सेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह ने विश्व की उन्नत संस्थानों के अनुरूप नई तकनीक विकसित करने पर बल दिया हरियाणा में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज चरखी दादरी और कुरूक्षेत्र में चुनावी जनसभाओं को सम्बोधित किया भिवानी में प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरूआत ठेठ हरियाणवी से की और शहीदों को नमन कर प्रदेशवासियों से लोकसभा की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की प्रधानमंत्री ने रैली में देश के जवान किसान व खिलाड़ियों को देश की शान बताया और राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं को जनता के साथ सांझा किया

प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई सम्बधी कार्यो को जल जीवन मिशन से जोड़ा गया है प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का जिक्र भी किया और दीपावली पर बेटी को लक्ष्मी बनाकर पूजा करने की बात कही दादरी से भाजपा प्रत्याशी बबिता फोगाट का जिक्र करते उन्होंने कहा कि बबिता फोगाट जैसी बेटियां भी आज बीजेपी से जुड़ा रही है रेवाड़ी झज्जर महेन्द्रगढ़ चरखी दादरी में कार्यकर्ता के तौर पर लोगों के साथ बिताये समय को याद कर उन्होंने कहा कि उनसे उनका गहरा सम्बध है हरियाणा में आकर उन्हें ऊर्जा मिलती है

प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस देश विदेश मे इस मुद्दे को उठा रही है और आंतक के सरपरस्त देश उनके बयानों का प्रयोग कर रहे है उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और राष्ट्र हित सर्वदा सर्वोपरि है इसलिए सरकार देश के हित के फैसले लेने में कभी संकोच नहीं करेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि रफाल के आने से देश की ताकत बढ़ेगी उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता की भी सुनिश्चित किया जायेगा प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बाबा साहिब के बनाये संविधान का जिक्र करते हये कहा कि पूरे देश में संविधान लागू है उन्होंने किसानों की आय द्गनी करने और योजनायें बनाने व बनाकर उन्हें लागू करने की बात भी दोहराई

आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय डाक सप्ताह समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि इन खातों को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से भी जोड़ा जाना चाहिए ताकि वितीय समावेश का लक्ष्य हासिल हो सके उन्होंने डाक बीमा खातों को बढ़ाने पर भी जोर दिया

उन्होंने कहा कि यदि कोई प्रशासनिक मसला हो तो उसे समाधान के लिए डाकघरों को वैश्विक कंपनियों के साथ सांझेदारी करने के लिए आगे आना चाहिए मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को मालम्कप्रम ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच सफल अनौपचारिक शिखर सम्मेलन की ऐतिहासिक महत्व के मद्देनज़र विशेष टिकटों का सैट पर काम करने को कहा

इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन के ग्रमनाम नायकों और अंडेमान व निकोबार की सेलूलर जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों की याद में डाक टिकट निकाले जायें

हरियाणा में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने और विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं और उम्मीदवारों ने प्रदेश में जमकर चुनाव प्रचार किया सोनीपत के गांव राई में एक जनसभा को सम्बोधित करते हये प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राई क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया गया है

उधर पलवल में कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हये पार्टी छोड चुके कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा कि कांग्रेस के कुछ अदंरूनी लोगों ने ही पार्टी को कमज़ोर किया है उनहोंने कहा कि सभी का एक ज्रट होकर अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी पलवल में भी चूनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री करण सिह दलाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से लोगोंका मोह भंग हो रहा है उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है